रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्व में मारे गये सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्वराज इंडिया पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पाटी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने टिवीट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद और सभी कांग्रसियों व जनता को अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से मै यहा इंडियन नैशनल कांग्रेस की प्राथमिकता से इस्तीफा देता है कांग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिये त्याग पत्र में जिसे उन्होंने टिवीटर पर उपलोड किया है अशोक तंवर ने कहा है कि इंडियन नैशनल कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोधियों के कारण नहीं बलिक गंभीर आंतरिक अंतविरोधियों के कारण इस संकट से गुज़र रही है श्री तंवर ने लिखा कि गैर राजनीतिक एंव विनम्र परिवारों से कड़ी मेहतन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब पार्टी में महत्व नहीं दिया जाता बस पैसा ब्लैकमेल और दवाब ही अंत में काम करता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्वांतों और विचारधारा से दूर हो गई है और कांग्रेस लोकतंत्र के सिद्वातों की विरोधी सांमती दृष्टिकोण और मध्य यूगीन षडयंत्रों से ग्रस्त है अपने समर्थको के साथ अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल मे चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस में शुरू से ही पैसे के खेल की संस्कृति रही है जिसका ख्द कांग्रेस के पूर्वअध्यक्ष अशोक तंवर ने पर्दाफाश किया है मीडिया के सवालों का जवाब देते हये उन्होंने अशोक तंवर के कांग्रेस से इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल रहा है

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस पूरी देश में गौण हो गई है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्व में मारे गये सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वातिक मंजूरी दी है युद्व में मारे गये सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए मौद्रिक सहायता में यह चार गुणा वृद्वि की गई है एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सहायता राशि थल सेना युद्व हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी

केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा है कि नोटबंदी और वस्तू एवं सेवाकर यानि जीएसटी ने डिजीटाईजेंश्न को प्रोत्साहित किया जो देश को खुली और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर ले जायेगा आज धारवाड़ में राष्ट्रीय टैक्स प्रैकटिशनर डे कार्यक्रम के दौरान सभा को सम्बोधित करते हये वित्तमंत्री ने लोगों से कहा कि वे कर को बोझ न समझें बल्कि कर की अदायगी को देश के लिए अपना कर्तव्य समझें क्योंकि करों से आमदान के जरिये ही सरकार राष्ट्र निर्माण के कार्य करने के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करती है वितमंत्री ने कहा कि डिजीटलीजेंशन के चलते दोहरे टैक्स की मार से बचने की बात हुये कर दाताओं से अपील की कि वह देश की प्रगति का हिस्सा बने और अपनी आय सम्बधी सही विवरण पेश करें श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि देश का आर्थिक ढांचा जितना खुशहाल होगा उसी मुताबिक करों की दर भी कम होती जायेगी

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी अर्थव्यस्था तेज़ी से बढ़ रही है और यह काफी मजबूत है लखनऊ में मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान रेपो दर में पांच बार कटौती की गई है जिसमें उद्योग जगत मजबूत होगा और ब्याज दरों में भी कमी आयेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि आज पूरे विश्व में एक तरह की मंदी है लेकिन भारत की स्थिति अलग है क्योंकि यहां मोदी सरकार देश की अर्थव्यवसथा को मंजबूत करने पर लगातार काम कर रही है केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जा हरे कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने कारपोरेट को कम करने का निर्णय लिया और यह एक क्रांतिकारी कदम है क्योकि कई कंपनियां अब भारत में आयेगी और निवेश बढ़ेगा

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्वराज इंडिया पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है

घोषणा पत्र पर बोलते हये हरियाणा स्वराज इंडिया के अध्यक्ष राजीव गोदारा ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजस्व मिशन के योगदान से ये राशि हर वर्ष उन लोगों से जुटाई जायेगी जो शहरों में बड़ी सम्पतियों पर काबिज़ होकर बैठे है

घोषणा पत्र में हरियाणा के नागरिकों को नौकरी देने पर दो साल तक तन्ख्वाह मे सबसिडी देने की भी घोषणा की गई है

आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रवक्ता और पिछड़ा वर्ग के नेता तेजवीर सैन अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गये उन्होंने रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडा की मौजूदगी में कांगेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने तेजवीर सैन का स्वागत करते हये कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा

तत्पश्चात् पंचकूला के विभिन्न सैक्टरों से होकर यह नगर कींतन जीरकप्र स्थित गुरूद्वारा नाडा साहिब में जाकर समाप्त होगा